राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए की तदर्थ बोनस की घोषणा वेतन कटौती भी हई स्वैच्छिक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

कल भाजपा और कांग्रेस ने जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकांश प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी इधर जयपुर जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों में महापौर पद के लिए कल वोट डाले जायेंगे

मतगणना के तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा

इसके साथ ही कोविड के कारण कर्मचारियों के वेतन से की जा रही कटौती को भी स्वैच्छिक किए जाने की घोषणा की गई है

सरकार के इस निर्णय से सात लाख तीस हजार राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा

मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह छूट दी गई है यह पाया गया था कि हलफनामे के जरिये दावा जमा कराने की शर्तो के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि योजना के तहत जो व्यक्ति अपना दावा ऑनलाइन जमा कराएगा और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करेगा उसे प्रत्यक्ष दावा जमा कराने की जरूरत नहीं होगी मंत्रालय ने कहा है कि यदि ऑनलाइन दावा करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किये जा सके हों तो इनके प्रिंटआउट पर हस्ताक्षर कर जमा कराया जा सकता है

जयपुर जिले में कई स्थानों से बेसन बादाम तेल चॉकलेट सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए

जिला जयपुर द्वितीय की टीम ने सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मावा और काजू कतली का एक एक नमूना लिया

गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्यप्रदेश तेलंगाना आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद भी की जा रही है

आकाशवाणी श्रोता भी कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड सकते हैं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

भरतपुर जिले के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग को जाम किया हुआ है वहीं बयाना भरतपुर मार्ग भी अवरूद्व है

सरकार के पक्षकार खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन लगातार गूर्जर नेताओं के संपर्क में है

इधर जोधपुर में मण्डोर थाना पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आए नकल गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर दो मोबाइल जब्त किए